प्रदेश सरकार सांस्कृतिक नीति के माध्यम से राज्य की बहुमुखी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देगी बढ़ावा सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैंकों को एनपीए कम करने के लिए निश्चित समय अवधि में कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पुलिस जवानों की विभिन्न मांगों को जल्द सुलझाने का सरकार से किया आग्र ह मुख्यमंत्री भारतीय चिकित्सा कांउसिल एमसीआई ने आईजीएमसी शिमला के न्यूरो सर्जरी और गैस्ट्रो विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठयक्रम शुरू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे इन विभागों को विशेषज्ञ प्राप्त होंगे और प्रदेश की उच्चतर स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के यूवा चिकित्सकों को राज्य के भीतर ही विशेषज्ञ पाठयकमों में शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होंगे जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें गोविंद शिक्षा और भाषा कला व संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि सांस्कृतिक नीति से प्रदेश की विरासत का संरक्षण होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सांस्कृतिक नीति कई लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक नीति के माध्यम से प्रदेश की बहमुखी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी उन्होंने अधिकारियों को इस नीति का प्रारूप समयबद्ध तैयार करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाएगा गोविंद ठाकर ने जनजातीय क्षेत्रों की कला संस्कृति को संर्वधन व प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास करने पर भी बल दिया सरवीण चौघरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं

बिक्रम उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार की मनरेगा सहित अन्य महत्वकांक्षी योजनाओं से गांवों का सर्वागीण विकास हो रहा है

इस गौ सैंक्वूरी के निर्माण स्थल का आज उन्होंने दौरा किया

कंवर ने कहा कि तीन महीने के भीतर इस गौ सैंक्वूरी को शुरू कर दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि पशुओं की टैगिंग का डिज़िटल कार्य दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीब और असहाय लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है

परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृतसंकल्प है गर्ग खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी मझेडवां में पौधरोपण के अवसर पर उन्होंने ये बात कहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश की खाली भूमि पर औषधीय व फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं कोरोना अपडेट हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ौतरी के साथ साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है

भारद्वाज शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के विकास में सहकारिता विभाग की भूमिका के महत्व पर बल दिया है शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विमाग के महत्वपूर्ण स्थान को कायम रखने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए उन्होंने बैंको को एनपीए को कम करने के लिए निश्चित समय अवधि में कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार से पुलिस जवानों के पदोन्नति नियम व वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को जल्द सुलझाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि मंहगाई के इस दौर में इनके प्रतिमाह मिलने वाले राशन भत्ते में बढ़ौतरी की जानी चाहिए राठौर ने कहा कि पुलिस जवानों की मांगे पूरी होने पर ये जवान अपने कार्यों को और अधिक उत्साह व निष्ठा से करेंगे उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है माकपा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ जमीन खरीद के कथित आरोपों पर मुख्मयंत्री से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में पार्टी नेता संजय चौहान व कलदीप सिंह तनवर ने इस मामले में संलिप्त मंत्री को पद से हटाने की मांग भी की है उन्होंने प्रदेश सरकार पर बेनामी जमीन के सौदों व राजस्व कानून के उल्लंघन के कई मामलों पर कोई भी उचित कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है वृक्षारोपण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के उद्देश्य से इन दिनों प्रदेश में जंगली फल लगाओ फॅसलों को बचाओ अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत शिमला ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज शिमला के बनोटी व ट्टीकंडी के बाग गांव में पौधरोपण किया गया

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगली फल देने वाले पौधे लगाने के लिए पंचायतों सहित अन्य सभी संगठनों की पहचान की जा रही है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इस एक दिवसीय बैठक के दौरान सभी जिला मुख्यालयों में एलईडी व प्रोजैक्टर लगाएं जाएंगे उन्होंने कहा कि इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी इस बीच सुरेश कश्यप ने पार्टी के प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की घोषणा भी की है

प्रदेशमर में यह त्यौहार पूरे श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है सोलन में आज श्री दूर्गा सेवा समिति द्वारा लक्कड़ बाजार में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई समिति के प्रधान डीएनगुप्ता ने बताया कि गत वर्षों की तुलना में कोरोना के चलते इसे बार मात्र परंपराओं का निर्वहन किया गया है

मणि महेश यात्रा विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा के लिए चंबा के सिद्ध बाबा चरपट नाथ की छड़ी यात्रा रवाना हो गई है